मौसम प्रदेश में आज लगातार दूसरे दिन भी वर्षा और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा राज्य में हो रही इस वर्षा व बर्फबारी से लोगों को जोरदार ठंड का सामना करना पड़ रहा है जनजातीय क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है लाहौल स्पिति में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बिजली तथा संचार सेवाएं ठप्प है हमारे लाहौल स्पिति प्रतिनिधि कुंदन शर्मा के मुताबिक रोहतांग दर्रे पर लगभग तीन फूट ताजा हिमपात हो चुका है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सोलंग नाला और गुलाबा में भी आज ताजा हिमपात हुआ जिसका पर्यटकों ने भरपूर आनंद लिया कुल्लू के उपायुक्त युनूस के मुताबिक मनाली रोहतांग मार्ग पर कोई भी वाहन फंसा हुआ नहीं है और पर्यटकों को फिलहाल गुलाबा से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है

किन्नौर में भी पूह कुन्नू चारंग नाको और ठंगी में एक एक फुट ताजा बर्फबारी का समाचार है कल्पा सांगला और छितकुल में भी लगभग आधा फुट बर्फबारी दर्ज की जा चुकी है ताजा बर्फबारी से जिले में सेब की फसल को नुकसान का समाचार है

उधर चंबा जिला के भरमौर क्षेत्र की सियूर पंचायत की धार पर भारी बर्फबारी में तीन लोग फंस गए हैं

जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी के आवासीय आयुक्त चमन लाल शर्मा के मुताबिक पांगी में अभी तक लगभग दो फूट ताजा बर्फबारी दर्ज की जा चुकी है उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वह बर्फबारी के दौरान जरूरी न होने पर घरों से बाहर न निकले जिले की सूरी पंचायत में आज आसमानी बिजली गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया जिससे दो लोग घाायल हो गए कांगड़ा जिला की धौलाधार और शिमला जिला की चांसल तथा चूड़धार की चोटियों पर आज दिनभर रूक रूक कर हिमपात होता रहा राज्य के निचले हिस्सों में अधिकांश स्थानों पर बीती रात से ही वर्षा हो रही है मौसम विभाग ने कल चार नवम्बर तक प्रदेश में वर्षा और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है मुख्यमंत्री इस बीच मौसम ने आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का रास्ता भी रोका उन्हें पूर्व निर्घारित कार्यकम के अनुसार किन्नौर से हैलीकॉप्टर से शिमला आना था मुख्यमंत्री को आज बीड़ बिलिंग में पैराग्लाईडिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में हिस्सा लेना था लेकिन हैलीकॉप्टर के उड़ान न भर पाने के कारण उन्हें सड़क मार्ग से शिमला आना पड़ा मारकंडा कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने जनजातीय क्षेत्रों में हवाई उड़ानों का खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन करने के निर्णय पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है आकाशवाणी से बातचीत में मारकंडा ने कहा कि उन्होंने ये मुददा मुख्यमंत्री से उठाया था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है

उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को अपनाकर ही हम उन्नत राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं आचार्य देवव्रत गुरूकुल कुरूक्षेत्र के दो दिवसीय वार्षिक समारोह के समापन अवसर पर बोल रहे थे

महेन्द्र सिंह ठाकुर आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के तरयाम्बला स्याठी और अनुस्वाई में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत निर्मित सड़कों के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे महेन्द्र सिंह ने कहा कि उनका एक मात्र उददेश्य धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का चहुंमुखी व समग्र विकास करना है

स्वास्थ्य मंत्री आज शिमला के रिज मैदान पर राज्य रेडकॉस सोसायटी की अस्पताल कल्याण शाखा द्वारा आयोजित वार्षिक रेडकॉस मेले के उदघाटन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि रेडकॉस गतिविधियों का प्रचार व प्रसार और अधिक प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने आज आईजीएमसी शिमला में सर्जरी विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का भी शुभारंभ किया उन्होंने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार लोगों को उनके घरों के नजदीक सर्वोत्म स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है अग्निहोत्री विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हरोली विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान स्थानीय जनता को उदघाटनों और शिलान्यासों की कोई नई सौगात नहीं देने पर हैरानी जताई है उन्होंने आज उना में एक बयान में कहा कि हरोली में सभी योजनाएं कांग्रेस सरकार की देन है और इनमें भाजपा का कोई योगदान नहीं है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिन योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास करने आ रहे हैं वे सभी पूर्व कांग्रेस सरकार के समय स्वीकृत हुई थी अनुराग ठाकुर लोकसभा में मुख्य सचेतक व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह सरकार में राज्य का अभूतपूर्व विकास हुआ है

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आहवान किया

इस योजना को शीघ ही एशियन विकास बैंक को वित्त पोषण के लिए भेजा जा रहा है बिंदल आज कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाहन में पर्यावरण समिति द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से नाहन शहर के विकसित होने पर स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे उन्होंने कहा कि नाहन के लिए गिरी नदी से उठाउ पेयजल योजना का काम युद्ध स्तर पर जारी है और अगले वर्ष से नाहन में पेयजल की समस्या पूरी तरह से हल कर दी जाएगी जनमंच जनसरोकार को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकार के मंत्री जनसमस्याएं सुनकर उनका निपटारा करेंगे शिमला जिला में इस बार नेरवा में जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जहां प्रदेश सरकार में मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा जनसमस्यां सुनेंगे और उनका निपटारा करेंगे सोलन जिला में कुनिहार में जनमंच का आयोजन होगा जहां कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा जनसमस्याओं का हल कर्रेंगे

डीसी बिलासपुर दिवाली के त्यौहार को देखते हुए प्रदेश भर में जिला प्रशासनों ने पटाखों की ब्रिकी और इन्हे चलाने के लिए स्थान तथा समय निर्धारित कर दिया है

बिलासपुर के उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा कि पटाखों का इस्तेमाल शांत क्षेत्र में किसी भी समय नहीं किया जाएगा